स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हिमाचल को मिले चार पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा का करेंगे अनावरण प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन

श्री रामनाथ कोविंद ने पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बघाई दी और उनके खुशहाल व उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की

उन्होंने कहा कि इसमें सुधार लाने के लिए शिक्षकों और राजनीतिज्ञों सहित पुलिस को और अधिक ईमानदारी से काम करना होगा आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज को सही दिशा में ले जाना सभी का सामूहिक दायित्व है

उन्होंने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है और यहां से पास हुए विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ सेवाएं दे रहे हैं

उन्होंने कहा कि अनछ्ए पर्यटन स्थलों में सम्मेलन केन्द्र पर्यटन सांस्कृतिक केन्द्र फूड पार्क और पार्किंग स्थलों का विकास किया जाएगा

जयराम ठाकुर ने कहा कि सैलानियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रोहतांग सुरंग के दोनों ओर फूड पार्क व पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी पुरस्कार हिमाचल को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए चार पुरस्कार मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बताया है कि असम के काजीरंगा में आज आयोजित पांचवे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान किए गए उन्होंने कहा कि दो पुरस्कार नवजात शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में इस वर्ष अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक कमी दर्ज करने के लिए दिए गए प्रदेश में ई स्वास्थ्य कार्ड को प्रभावी ढंग से लागू करने पर तीसरा पुरस्कार जबकि चौथा पुरस्कार गोवा कर्नाटक व लक्षद्वीप के साथ आंतरिक रोगी सेवाओं में बेहतर कार्य के लिए प्रदान किया गया प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक मनमोहन शर्मा ने ये पुरस्कार प्राप्त किए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने का प्रयास कर रही है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने पालमपुर में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत कर मेघावियों को पुरस्कृत किया

पटेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गुजरात में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे

एकता दौड् इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में कल रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एकता दौड़ के कार्यक्रम प्रभारी गणेश दत्त ने बताया है कि शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे मिशन साहसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोलन व मंडी में मिशन साहसी के तहत कार्यक्रम आयोजित कर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए मंडी के पड्डल मैदान में हुए कार्यक्षम की अध्यक्षता वन व परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने की उन्होंने परिषद द्वारा शुरू किए गए कार्यकम की सराहना करते हुए कहा कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ने के लिए महिलाओं की सोच बदलने में ऐसे कार्यकम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं इस मौके सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए उधर सोलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मधु सूदन शर्मा ने की उन्होंने मिशन साहसी को लड़कियों को लिए लामकारी बताया

आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि ये चार्जशीट दिसम्बर महीने में उस दिन राज्यपाल को सौंपी जाएगी जिस दिन प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन करेगी

नक्सल हमला छत्तीसगढ़ के बस्तर डिविजन के दंतेवाडा़ जिले में नक्सली हमले में दूरदर्शन समाचार का एक कैमरामैन अच्युतानंद साहू और दो जवान शहीद हो गए दूरदर्शन समाचार के तीन लोगों की एक टीम आज चुनाव कवरेज के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में गई हुई थी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्घन राठौड़ ने दूरदर्शन के कैमरामैन और अन्य दो पुलिसकर्मियों के नक्सली हमले में शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है वीरेन्द्र कंवर प्रदेश में खिलाड़ियों व खेल गतिविधियों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना में मेजर ध्यानचंद राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना में अंडर नाईटीन जिलास्तरीय एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना शुरू की गई है जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक खेल मैदान विकसित किया जाएगा

इस मौके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे